केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई श्रमिकों मध्यमम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा

इससे नए एमएसएमई यूनिट लगाने वालों को बढ़ावा मिलेगा और पहले से ही घाटे में चल रहे उद्यमों को भी एक अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा मिलेगी

इस दौरान वे कोरोना महामारी से बचाव के बारे में पंचायतों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे ये जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी है

आज सिरमौर जिले से दो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है चार मई को दिल्ली से पावंटा साहिब वापिस आई ये दोनों संक्रमित मां बेटी होम क्वारंटीइन में थी

अब एक नजर अखबारों की सूर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने आयकर दाताओं की सब्सिडी खत्म करने संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णय को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है साढ़े नौ लाख एपीएल उपभोक्ताओं की राशन सब्सिडी एक साल तक हुई आधी डेढ़ लाख करदाता बाहर

दैनिक भास्कर का कहना है टैक्स पेयर की राशन सब्सिडी खत्म नहीं मिलेगा डिपो का सस्ता राशन आपका फैसला लिखता है हिमाचल में आयकर देने वालों की राशन सब्सिडी खत्म हिमाचल दस्तक के अनुसार टैक्स देने वालों का राशन कटा फाइव डे वीक पर फैसला टला

पंजाब केसरी की सूर्खी है जिला कांगड़ा के ककड़ें का युवक कोरोना पॉजीटिव दिव्य हिमाचल कहना है कांगड़ा के सुलह में मिला कोरोना का एक और केस आपका फैसला लिखता है कांगड़ा जिला में नया केस कालाअंब के उद्योगपति का भतीजा अंबाला में पॉजिटिव दैनिक भास्कर के शब्द हैं होम क्वारंटीइन में दोस्तों को बुला पार्टी की बाद में कोरोना संक्रमित निकला हत्या के प्रयास का केस नड्डा ने शिमला की मेयर से ली कोराना पर किए जा रहें कार्यों की जानकारी अमर उजाला की एक अन्य ख़बर है लॉकडाउन के चौथे चरण में चलेंगी बसें दिव्य हिमाचल की खब़र है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

नमस्कार